प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को पांच पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है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

उन्होंने सदन को बताया कि बारह मार्च को कैबिनेट में लिये गये फैसले के अनुसार गृह विभाग की ओर से सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को एक लाख अनुदान की राशि दी जाएगी मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति को आपदा की श्रेणी में बताया साथ ही उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की ओर से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाएगी सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को पांच हजार और दिव्यांग और आदिम जनजाति के बेरोजगारों को सात हजार पांच सौ रुपये दिये जाएंगे साथ ही उन्होंने बताया कि निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों को पचहत्तर प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने खूंटी नर्सिंग कॉलेज प्रकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया भाजपा के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की साथ ही इन विधायकों द्वारा इस मामले के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है उधर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमते कम करने के उपाय करने चाहिए उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसके बाद कीमतों में कमी पर फैसला करेगी

राज्यसभा में आज श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है जिसके तहत वनीकरण क्षेत्रों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी

कोडरमा में बैंक कर्मियों के दो दिवसीय हड़ताल के कारण व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी है झुमरीतिलैया के बैंक ऑफ इंडिया के बाहर सभी सरकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी धरने पर बैठे हैं फेडरेशन ऑफ बैंक एम्पलाइज यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मी आज और कल हड़ताल पर बैठे रहेंगे और सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा

सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को पांच पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि उनके मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है

इनमें पाँच सौ अड़तालीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख अठारह हजार नौ सौ सतासी मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार तिरानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव छह तीन प्रतिशत हैं

जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षो को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है उम्र सीमा में छूट दिये जाने को लेकर मुकेश कुमार और अमित कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी झारखंड सरकार के कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय संताल महोत्सव में आदिवासी समुदाय ने अपनी प्रतिभा बिखेरी दुमका के सिदो कान्हू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुए इस महोत्सव में विभाग के सहायक निदेशक विजय पासवान ने जनजातीय समाज की विशिष्टता और उसकी कला संस्कृति पर विशेष जोर दिया श्री पासवान ने बताया कि विभाग लगातार ऐसे आयोजन के जरिये कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ उनकी प्रतिभा को सामने लाने और परंपरागत कला संस्कृति को बचाये रखने में अपनी भूमिका निभा रहा है रामगढ़ जिले के गोला स्थित राज्य संपोषित प्लस टू उच्च विद्यालय की छात्रा प्राची सिन्हा पिछली बार प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुई थी

इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के अंदर परीक्षा को लेकर जो भय व्याप्त रहता है उसे हटाने के लिए कई टिप्स दिए थे रामगढ़ गोला की प्राची सिन्हा जब उस कार्यक्रम से लौटी तो उनके अंदर परीक्षा को लेकर जो भय था वह कम हो चुका था इसका परिणाम यह निकला कि दसवीं की परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हईं

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली साकेत के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर बलबीर सिंह चर्चा में भाग लेंगे

कोडरमा पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाक्र ने कहा बढ़ती गर्मी के साथ साथ लोगों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए विभाग कई स्तर पर कार्य कर रहा है

पाक्ड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में सोना मरांडी नामक महिला की हत्या के दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मामले के उदभेदन की जानकारी पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने पत्रकार सम्मेलन में दी

एसपी ने बताया कि हत्या के मामले में बाबुराम किस्कु और महेश्वर किस्कु को गिरफ्तार किया गया है संक्षिप्त खबरें लातेहार जिले में फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस खोलने के लिए जिला प्रशासन ने उद्योग विभाग के सचिव एवं निदेशक को पत्र लिखा है इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हफीजुल हसनमंत्री पर्यटनकला संस्कृतिखेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार शिरकत करेंगें पलामू में कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जयपूर के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग देश विदेश में बाजार उपलब्ध कराने में मदद देगी उक्त जानकारी आज पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने दी है

बैठक के दौरान पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय तथा उससे संबंधित कार्रवाई की समीक्षा की गई बोकारो जोनल आईजी के पद पर नव पदस्थापित आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे ने बोकारो इस्पात नगर स्थित डीआईजी कार्यालय में अपना योगदान दे दिया इस मौके पर बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा भी मौजूद रहे चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नगवां गांव में पंप से पानी भरने के दौरान एक महिला की मौत कुएं में डूबने से हो गई

कुलपति डॉ देव ने कहा कि छात्र ई लाइब्रेरी से काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित कानी टोला में एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की हथौड़े और कुदाल से वार कर हत्या कर दी